अकेले भाजपा ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी सीट फिर से जीत ली है

भाजपा के वरूण गांधी ने पीलीभीत सीट पर और भोजपुरी अभिनेता और भाजपा उम्मीदवार रविकिशन ने गोरखपुर सीट पर जीत हासिल की है समाजवादी पार्टी के नेता मुलायमसिंह यादव मैनपुरी सीट पर जबकि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ सीट से लोकसभा के लिए चुने गये हैं

पार्टी के उम्मीदवार संजीव कुमार बालियान ने राष्ट्रीय लोकदल के अजित सिंह को हराकर मुजफ्फरनगर सीट जीत ली है भाजपा के सहयोगी अपना दल ने दो सीटें हासिल की हैं

इस लहर में कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ज्योतिरादित्य सिंधिया अरूण यादव अजय सिंह विवेक तन्खा और कांतिलाल भूरिया जैसे दिग्गज उम्मीदवारों को भी हार का सामना करना पड़ा है कांग्रेस सिर्फ छिंदवाड़ा सीट बचाने में सफल रही

कांग्रेस की परंपरागत सीट गुना में भी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा यहां पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को करारी हार झेलनी पड़ी कभी उन्हीं के सहयोगी रहे के पी यादव ने भाजपा उम्मीदवार के तौर पर उन्हें सवा लाख से अधिक वोटों से हराया

वहीं बैतूल में भाजपा के दुर्गादास उइके विजयी रहे

उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी प्रमिला सिंह को हराया

रतलाम में भाजपा के गुमान सिंह डामोर सागर में राजबहादुर सिंह सतना में गणेश सिंह सीधी में रीती पाठक उज्जैन में अनिल पुरोलिया विदिशा में रमाकान्त भार्गव ग्वालियर में विवेक शेजवलकर ने जीत दर्ज की कमलनाथ प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लोकसभा चुनाव के नतीजों पर कहा है कि वे जनादेश को स्वीकार करते हैं उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हार जीत चलती रहती है हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी उन्होंने कहा कि शायद हम अपनी बात जनता तक सही तरीके से पहुंचा नहीं पाए कमलनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को जीत की बधाई दी वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने प्रदेश में पार्टी की भारी जीत श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को दिया है

ये मंदसौर से मीनाक्षी नटराजन टीकमगढ़ से किरण अहिरवार खजुराहो से कविता सिंह शहडोल से प्रमिला सिंह और राजगढ़ से मोना सुस्तानी थीं भाजपा की तुलना में कांग्रेस ने महिलाओं को एक सीट ज्यादा दी लेकिन सभी को हार का सामना करना पड़ा जबकि भाजपा की ओर से भोपाल से प्रज्ञा सिंह ठाकुर शहडोल से हिमाद्री सिंह सीधी से रीती पाठक और भिंड से संध्या राय को जीत हासिल हुई

मोदी बधाई पड़ोसी देश पाकिस्तान नेपाल बंगलादेश और भूटान के साथ चीन जापान रूस इजरायल पुर्तगाल और मालदीव समेत विश्व के तमाम देशों के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ने पर श्री मोदी को फोन पर बधाई दी और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने भी भारतीय प्रधानमंत्री को फोन किया और विजय हासिल करने पर बधाई दी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने श्री मोदी को संदेश भेज कर उनकी पार्टी को संसदीय चुनाव में स्पष्ट बहुमत मिलने पर बधाई दी है उन्होंने बाद में श्री मोदी को फोन कर भी बधाई दी और सुनहरे भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी